बताया जाता है कि छोटे तालाब स्थित खटलापुरा में देर रात से ही गणेश विसर्जन किया जा रहा था इस दौरान सुबह करीब साढे चार बजे संतुलन बिगड़ जाने से नाव पलट गई

पुलिस के अनुसार मृतकों में ज्यादातर युवा है यह सभी पिपलानी से प्रतिमा विसर्जन के लिए आये थे इस मामले में दो नाविको के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि यह घटना दुखदायी है श्री मोदी ने मृतकों के परिजनो के प्रति संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुये इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं

उन्होंने इसे आपराधिक लापरवाही बताते हुये कहा है कि प्रशासन ने विसर्जन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं किये जिसके चलते यह हादसा हुआ

हमारे सिंगरौली संवाददाता ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान यहां दो युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई वहीं उमरिया के ज्वालामुखी स्थित उमरार घाट में भी विसर्जन के दौरान एक युवक के डूबने और सागर जिले के लिथौरा गांव में नहाने गये एक सात वर्षीय बालक के नाले में ड्रबने की खबर है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस की पीठ ने कहा कि न्यायालय यह नहीं जानता कि इस मुद्दे पर यह फैसला लेना चाहिए लेकिन वह सिर्फ फेसबुक की याचिका पर फैसला देगा फेसबुक ने अपनी याचिका में उच्चतम न्यायालय से मध्यप्रदेश मुम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय विचाराधीन ऐसे मामलों की सुनवाई का अनुरोध किया है वहीं केन्द्र सरकार की ओर से महाअधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय को सूचित किया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत में भेजने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है

इससे आयकर आंकलन के दौरान करदाता आयकर अधिकारियों से सीधा संपर्क नहीं कर सकेंगे इस योजना के तहत एक राष्ट्रीय ई आंकलन केन्द्र बनाया जायेगा यह केन्द्र करदाताओं से उनसे संबंद्व मुददों पर जानकारी मांगेगा

इससे करदाता या उसके प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से अधिकारी के समक्ष उपस्थिति नहीं होना पड़ेगा यदि करदाता या उसके प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी देनी हो तो ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए उसे बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी

प्रधानमंत्री लोगों से मिले सुझावों में से कुछ सुझावों का चयन कर कार्यक्रम में उसका उल्लेख करते हैं

यह आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन और न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा छात्रसंघ चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से संबंद्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के तीन प्रमुखों पदों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस से जुड़े संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सिर्फ सचिव पद पर ही जीत हासिल कर सका राजस्व प्रकरण राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने सेना और सुरक्षा बलों के जवानों एवं अधिकारियों के भूमि और अन्य राजस्व प्रकरणों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि प्रकरणों का समयसीमा में निरकरण करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये अनुविभागीय अधिकारी खुद लम्बित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करें

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने किसानों से आग्रह किया है कि वे समय सीमा में पंजीयन जरूर करायें उन्होंने एक बयान में बताया कि यह पंजीयन एमपी किसान ऐप ई उपार्जन मोबाइल ऐप और ई उपार्जन केन्द्रों पर कराया जा सकता है खरीफ फसलों में धानज्वार और बाजरा के लिए पंजीयन किया जा रहा है मौसम प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं

आज राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में सुबह से ही रूकरूक कर बारिश हुई हमारे विदिशा संवाददाता ने बताया कि लगातार बारिश के चलते जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है सभी नदियों के उफान पर होने से सागर भोपाल को छोड़कर सभी स्थानों से सड़क संपर्क ट्रट गया है नीमच में भारी बारिश के चलते नीमच कोटा राजमार्ग बंद है प्रदेश का राजस्थान से संपर्क टूट गया है

शाजापुर में बारिश के चलते निचली बस्तियों को खाली कराने के निर्देश दिये हैं मौसम विभाग ने खंडवा खरगोनअलीराजपुर बुरहानपुर बड़वानी झाबुआ और देवास में अंत्यत भारी बारिश की चेतावनी दी है

श्री राठौर ने स्मार्ट सिटी कार्यों को गति देने और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं

खंडवा में इसके लिए दस खंडपीठ गठित की गई है वहीं रायसेन और गुना में भी इसके लिए पूरी तैयारियां की गई है

इसमें हितग्राहियों को सरकारी योजना की जानकारी के साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया गया